केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सरकार एफएमस्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत

प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर हिमाचल की भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीलाम करने का लगाया आरोप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि स्कब टायफस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में दवाईयों का पर्याप्त कोटा मुहैया करवाया गया है और इस संबंध में उचित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्कब टायफस से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट की

प्रकाश जावड़ेकर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि आकाशवाणी कई वर्षो से एक विश्वसनीय संस्था बनी हुई है नई दिल्ली में आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि रेडियो की पहुंच देश के हर कोने में है और लोग इसे पसंद करते हैं प्रकाश जावडेकर ने कहा कि रेडियो को सूचना और मनोरंजन दोनों का माध्यम होना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एफएम स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इसमें निजी एफएम भी शामिल होंगे

इसके लिए एफएम का विस्तार आकाशवाणी का भी विस्तार प्राइवेट लेयर के साथ एफएम भी ऑपशन भी तीसरा हो जल्दी तो एक नई नीति कारगर बना रहे कि द्रदर्शन समाचार पत्र और आकाशवाणी तीनों मिलकर जीवन को समुद्द भी बनाए आनदंमयी भी बनाए और बहुत सारी जानकारी भी देते रहे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि निजी एफएम चैनल आकाशवाणी के समाचार प्रसारित कर सकते हैं

राज्यपाल राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और यहां से शिक्षा प्राप्त कर निकले अनेक उत्कृष्ट विद्यार्थी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत्त हैं कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालय की बेहतर छवि बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद नैक और राष्ट्रीय संस्थागत ढांचा श्रेणी में रैंकिंग सुधार के लिए कार्य करने पर भी बल दिया राज्यपाल ने गुणात्मक व रोजगारपरक शिक्षा के लिए अगले शैक्षणिक सत्र से नए शैक्षणिक विभाग खोलने का सुझाव भी दिया इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफैसर सिकन्दर कुमार ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और भावी योजनाओं की जानकारी दी

सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर क्षेत्र की बिंगा पंचायत के दबरोट में प्रायोगिक उप परियोजना क्लस्टर का शुभारंभ करने के बाद ये बात कही

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने इस मौके जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया

कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज केलंग में उत्सव के आयोजन के लिए तैयार किए गए बहुरंगी पोस्टर का विमोचन करने के बाद कहा कि उत्सव में पहली बार पारंपरिक शैणी नृत्य का आयोजन किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से घाटी में विभिन्न धार्मिक समारोहों में ये नृत्य किया जाता था जो अब विलुप्त होने की कगार पर है मारकंडा ने उत्सव के आयोजन के लिए प्रशासन को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी शहरों और उनके साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों में पानी व सीवरेज की समुचित व्यवस्था करने के लिए प्रयासरत्त है सरवीण चौधरी ने कहा कि शिमला की तर्ज पर ही अन्य शहरी निकायों में भी पेयजल व सीवरेज सिस्टम प्रोजैक्ट आरंभ किया जाएगा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर हिमाचल की भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीलाम करने का आरोप लगाया है विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर सरकार निमंत्रण देने में जुटी है मगर सरकार का पूरा जोर हिमाचल फॉर सेल पर है उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने के लिए राज्य में हिमाचल बचाओ अभियान शुरू करेगी जिसके तहत कांग्रेस विधायक लोगों को हिमाचल फॉर सेल की जानकारी देंगे अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के संरक्षण में राज्य के संसाधनों की लूट हो रही है

उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का सही आकलन करने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद की जा सके इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने क्षेत्र की पोलियाबीत पंचायत में गौ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा भी की उन्होंने कहा कि इस अभ्यारण्य में बेसहारा पशुओं को रखा जाएगा सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले के कसौली क्षेत्र में जाबली पंचायत की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजड़ी को सुरक्षा कारणों से दूसरी जगह बदलने के निर्देश दिए है विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद आज उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से इस भवन को स्थानांतरित करना जरूरी है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो कुण्ड पाठशाला इस बीच मण्डी जिला के करसोग उपमण्डल के दुर्गम क्षेत्र कुण्ड की राजकीय प्राथमिक पाठशाला का भवन बेहद खस्ताहाल में है और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर अभिभावक चिंतित हैं

इसी कड़ी में आज लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलंग में स्वास्थ्य कर्मियों को बच्चों में फैलने वाली पोलियो खसरा रूबेला और काली खांसी जैसी बीमारियों के लक्षण और जांच रिपोर्ट तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के मैडिकल सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर तोमर ने बताया कि भारत पोलियो मुक्त हो चुका है मगर अन्य देशों से इसके फैलने की संभावना बनी रहती है